बोर्ड ने कहा है कि अब इन विद्यालयों को नियमित श्रेणी के बजाय आत्मनिर्भर निजी विद्यालय की श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन देना होगा भेंट मुख्यमंत्री जय राम ठाक्र ने कल केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल से नई दिल्ली में भेंट कर प्रदेश में केंद्रीय विद्यालय खोलने व गुणात्मक शिक्षा के विस्तार के लिए एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का आग्रह किया केंद्रीय मंत्री ने इस बारे मुख्यमंत्री को हर सम्भव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी से व केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद से भी भेंट कर राज्य से संबंधित विभिन्न मुददों पर चर्चा की

इस मौके न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल देश का ऐसा पहला राज्य है जहां पर अदालती मामलों को लोक अदालत मध्यस्थता और समझौतों के माध्यम से सुलझाया जाता है

निगम के एक प्रवक्ता ने शिमला में बताया कि कार्यक्रम को प्रभावी व कुशल कार्यान्वयन के लिए निगम ने प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों की टीम बनाई है उन्होंने कहा कि स्नातक डिप्लोमा धारक इस प्रशिक्षण के लिए पात्र नहीं होंगे

ओकार्ड इंडिया ट्रस्ट के प्रबंध निदेशक राकेश गुप्ता ने कल शिमला में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि पुस्तक मेले के दौरान अनेक साहित्यिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे

देहरादून स्थित इंदिरागांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के ये प्रशिक्षु दो दलों में प्रदेश का भ्रमण कर वानिकी संबंधी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की भेंट व राज्य में प्रशासनिक फेरबदल से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर का शीर्षक है पीएम मोदी से मिले जयराम इन्वेस्टर मीट में आने का दिया न्यौता दैनिक जागरण व पंजाब केसरी के लगभग एक जैसे शब्द हैं इन्वेस्टर मीट के लिए आ सकते हैं मोदी जबकि अमर उजाला का कहना है मोदी की जयराम को हिदायत हिमाचल में नए पर्यटन स्थल करें विकसित वहीं अजीत समाचार ने लिखा है वैश्विक निवेशक सम्मेलन का शुभारंभ करने हेतु मुख्यमंत्री जयराम ने प्रधानमंत्री को किया आमंत्रित

केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के हवाले से दैनिक जागरण ने लिखा है हिमाचल को देंगे हरसंभव मदद आपका फैसला की सुर्खी है प्रदेश में रोजगार व रेलवे पर होगा काम

पंजाब केसरी ने खबर दी है रूपिन दर्रे में फंसा पर्वतारोही दल सुरक्षित निकाला बाहर हिमाचल के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डा विनोद कुमार पाल को नीति आयोग में पुनः स्थान मिलने पर आपका फैसला ने लिखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय